श्री गोगोई ने विधानसभा अध्यक्ष से भी आज ही इस बारे में फैसला करने को कहा है और इस फैसले से शुक्रवार तक सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिये हैं अदालत का यह फैसला विधायकों की उस याचिका पर आया है जिसमें कहा गया था कि विधानसभ अध्यक्ष जानबूझकर उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बीच कल विधानसभा अध्यक्ष को दो और कांग्रेसी विधायकों द्वारा इस्तीफे सौंपे जाने के बाद राज्य में राजनीतिक संकट और गहरा गया है

उधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की आज बेंगलुरु में होने वाली बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी माना जा रहा है कि कांग्रेस और जनता दल सेकुलर के विधायकों के इस्तीफे के कारण एचडी कुमारस्वामी सरकार के गिरने की स्थिति में पार्टी विधायक आगे की रणनीति तय करेंगे सिंधिया वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार मजबूत है और यह अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी उन्होंने मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों को सलाह दी कि सभी मंत्री अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच समन्वय बनाकर टीम भावना से काम करे एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जेडीएस की सरकार बनी रहेगी

हम प्रदेश को इससे बाहर निकाल रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्हेांने कहा कि पार्टी की कार्यसमिति जल्द ही इस बारे में फैसला करेगी सड़क सुरक्षा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने सड़कों पर स्पीड रडार लगाये जायेंगे

यह सभी थानों में एक डेढ़ माह के अंदर उपलब्ध करा दिये जायेंगे इसमें फूँकने मात्र से वाहन चालक की फोटो सहित ड्रिंक की स्थिति भी तुरंत रिकार्ड होगी यह जानकारी राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सचिव और विशेष पुलिस महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में सड़क सुरक्षा संबंधी विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा में दी

इसके लिए टी और एक्स जंक्शन सहित अंधे मोड़ पर दोनों तरफ कैमरों सहित स्पीड रडार लगाये जायेंगे ऐसे स्थानों पर गति नियंत्रण के लिये वाहन चालकों को साइन बोर्ड के जरिये भी जागरूक किया जायेगा सजा फांसी भोपाल के कमलानगर थाना क्षेत्र स्थित मांडवा झग्गी बस्ती में बच्ची के साथ द्रष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी विष्णु को फांसी की सजा सुनाई गई है जिला न्यायालय में आज न्यायाधीश कुमुदनी पटेल ने यह फैसला सुनाया

जनसंख्या दिवस आज अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस है इस अवसर पर प्रदेश में जनसंख्या रिथरता पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है भिंड में आज स्कूली विद्यार्थियों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है राजगढ़ जिले में भी विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए आज से विकासखण्डों में जागरुकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है वहीं आगरमालवा जिले में आज से एक माह के लिये जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरूआत जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका टाऊन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन कर की गई बड़वानी में भी जनसंख्या स्थिरता माह की शुरूआत आज से हो गई है आज सुबह जिले में रैली निकाली गई जिसमें नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया

जिसमें लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा इसी कड़ी में टीकमगढ जिले के ओरछा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं वहीं शिवपुरी जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा

इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों और पत्रकारों ने उन्हें भावभीनी श्रद्वांजली दी श्री बारगल का कल शाम हृदयगति रूक जाने से निधन हो गया था